पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित किया इस अवसर पर उन्होंने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनओं का जिक करते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के लक्ष्य को लेकर लगातार देशवासियों के कल्याण के लिए काम कर रही है उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून सीएए को एतिहासिक करार देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा से लोकतंत्र कमजोर होता है श्री कोविन्द ने कहा कि संसद ने नई सरकार के गठन के बाद पहले सात महीनों में कई महत्वपूर्ण कानून बना कर रिकॉर्ड बनाया है श्री कोविन्द ने कहा कि शरणार्थियों को सामान्य जीवन मुहैया कराने के उद्देश्य से नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया है

देश के हर व्यक्ति को पानी की सुविधा मिले इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है सात राज्यों में अटल भूजल योजना शुरू की गई

शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम किये जा रहे है उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के तहत खेल के क्षेत्र में युवाओं को पहचान मिल रही है सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी कई काम किये है गौरतलब है कि बजट सत्र में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा

श्री मोदी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा यह इस साल का और इस दशक का पहला सत्र है हमारा प्रयास रहना चाहिये कि यह सत्र दशक के उज्ज्वल भविष्य के लिए मजबूत नींव डालने वाला सत्र बना रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण पर व्यापक चर्चा होनी चाहिये

ऐसा असाधारण स्थिति में किया जाता है ताकि इस बीमारी से निपटने के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तालमेल किया जा सके विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली वाले देशों में इस वायरस के फैलने की आशंका है उन्होंने इस बीमारी को अंतराष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल रिथति बताया

भारतीयों को लाने के लिए वहां जा रहा दल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार विशेष चिकित्सा किट मास्क और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस है दल के सदस्य वुहान में विमान से नहीं उतरेंगे चीन से केवल उन्हीं लोगों को लाया जाएगा जिनमें कोरोना वायरस संकमण के कोई लक्षण नहीं होंगे इस पहली उड़ान में लगभग तीन सौ पच्चीस भारतीयों को वहां से लाया जाएगा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कल कहा था कि वुहान से दो उड़ानों में भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चीन सरकार से औपचारिक अनुरोध किया गया है इधर प्रदेष में कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और उपचार सुविधाओं की उच्च स्तर पर रोजाना निगरानी की जा रही है

बैंक कर्मचारियों के संगठन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आज से दो दिन की हडताल पर हैं हालांकि निजी क्षेत्र के कुछ बैंक खुले है भारतीय स्टेट बैंक समेत विभिन्न बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया है कि हडताल की वजह से बैंकिंग सेवाओं पर कुछ असर पड सकता है यूनाइटेड फोर ऑफ बैंक यूनियन्स ने इस हडताल का आह्वान किया है